महागठबंधन में टकराव

पटना उच्च न्यायालय ने दो हजार दस में आयोजित अड़तालीसवीं से बावनवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट नये सिरे से जारी करने का बीपीएससी को आदेश दिया है न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया याचिकाकर्ता सुजाता सिंह ने मेधा सूची में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था याचिका में कहा गया था कि मेरिट लिस्ट में उससे नीचे के अभ्यर्थियों को बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा आवंटित किया गया जबकि उसे श्रम उपाधीक्षक का पद मिला हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभी ऊंचे पदों पर आसीन क्छ उम्मीदवारों के नीचे के पद आवंटित हो सकते हैं जबकि कुछ की नौकरी भी समाप्त हो सकती है इधर आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेन्द्र कुमार ने कहा है कि न्यायालय के फैसले के अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा इधर बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पैसे लेकर साक्षात्कार में अंक बढ़ाने के आरोपी आयोग के सदस्य रामकिशोर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है महागठबंधन में उपचूनाव में सीटों पर तालमेल को लेकर टकराव बढ़ गया है प्रदेश के पांच विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार कर लिया है पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की हुई बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बनी सूत्रों ने बताया है कि महागठबंधन के घटक दल राजद द्वारा सहयोगी दलों से बिना विचार विमर्श के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद उपजी राजनीतिक परिस्थितियों से आलाकमान को अवगत कराने के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जायेगी गौरतलब है कि महागठबंधन के घटक दलों हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने नाथनगर से और विकासशील इंसान पार्टी ने सिमरी बख्तियारपुर से पहले ही उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है जलवायु परिवर्तन के संभावित खतरों से निपटने के लिये जल जीवन हरियाली अभियान पर अगले तीन साल में चौबीस हजार पांच सौ चौबीस करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मिशन के तहत सार्वजनिक जल संरचनाओं यानी पोखर तालाब आहर और पईन को इस तरह से अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा कि इनलेट प्रभावित न हो

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पैतृक घर और मां तथा बेटे के नाम की जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है ब्रजेश ठाकुर के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना अंतर्गत पचदही गांव स्थित पैतृक घर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर रोड स्थित मनोरमा भवन को जब्त किया गया है वहीं उसकी मां के नाम से नौ डिसमिल और बेटे के नाम से पच्चीस डिसमिल जमीन को जब्त किया गया है इससे पूर्व भी ईडी ब्रजेश ठाकुर की बारह अचल संपत्तियों को जब्त कर चुकी है ब्रजेश ठाकुर अभी पंजाब के पटियाला जेल में बंद है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के प्रतिष्ठित अब्रल कलाम आजाद प्रस्कार के लिए पटना की जानी मानी साहित्यकार जाकिया मुशहनी का चयन किया गया है पुरस्कार के तहत पांच लाख रूपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दो हजार पच्चीस तक टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि निजी अस्पताल जा रहे मरीजों को भी टीबी की दवा मुफ्त दी जा रही है

एक योजना और एक योजना को क्रियांवित करने के लिए सफल बनाने के लिए एक टीम जो सारे देश में काम कर रही है भारतीय रेलवे के सभी कोच में इस वर्ष दो अक्तूबर तक जैव शौचालय होंगे रेलवे ने दो हजार बाईस तक दो लाख से अधिक सामान्य शौचालयों को जैव शौचालय में बदलने का लक्ष्य तय किया था लेकिन रेलवे के अथक प्रयासों से यह लक्ष्य इस वर्ष गांधी जयंती पर ही पूरा कर लिया जाएगा फरक्का बराज का गेट खोले जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है हालांकि मुंगेर और भागलपुर में नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बनी हुई है बक्सर में नदी का जलस्तर सात सेंटीमीटर तक नीचे आया है जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में आज से गंगा के जलस्तर में कमी आने की संभावना है इधर उत्तर बिहार में कोसी कमला बलान और गंडक नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है दूसरी तरफ कटिहार जिले के कुरसैला प्रखंड के शाहपूर धरमी पंचायत के शेरमारी गांव स्थित बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है इलाके में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है चक्रवाती प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र ने चक्रवाती हवा का रूप ले लिया है जिस कारण अगले दो दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसम्बर महीने तक प्रदेश के सभी किसानों का निबंधन हो जायेगा पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि अब तक अंठानवे लाख किसानों का निबंधन हो चुका है और उनके बैंक खाते में नौ सौ पंचानवे करोड़ रूपये भेजे गये हैं शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन भूगतान के लिए एक हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ रूपये जारी कर दिया है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान हरहाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है प्रदेश के बारह जिलों में विभिन्न बैंकों द्वारा तीन अक्टूबर से बिहार ग्राहक मेला का आयोजन किया जायेगा इस मेले में बैंकों द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों गृह निर्माण और अन्य क्षेत्रों के लिए ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे कुख्यात भोला सिंह और उसके भाई मुकेश सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में बाढ़ के अपर मुख्य दंडाधिकारी ने मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को दो दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है मगध विश्वविद्यालय ने पटना स्थित शाखा कार्यालय को बंद करने का फैसला किया है इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है शाखा कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मियों को गया मुख्यालय कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली तेजो मंडल को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की बिहार और झारखंड पुलिस को कई मामलों में तलाश थी गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरैया पहाड़ गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को सुलझाने के दौरान ग्रामीणों के हमले में सिधवलिया थानाध्यक्ष घायल हो गये इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्क रोड स्थित एक गोदाम में औषधि विभाग ने छापेमारी कर पांच लाख रूपये से अधिक मूल्य की नकली दवा जब्त की है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 हिन्दुस्तान लिखता है मेट्रो पर बढ़ा निर्णायक कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुआ पीएमआरसी और डीएमआरसी के बीच करार पर हस्ताक्षर दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की क्षमता भी और साहस भी दैनिक भास्कर लिखता है दारोगा भर्ती के लिए अट्ठाईस तक होगा आवेदन प्रभात खबर की सुर्खी है पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड पर अब छूट नहीं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दैनिक आज की सुर्खी है जल जीवन हरियाली को कैबिनेट की हरी झंडी

महागठबंधन में टकराव